और पूरे प्रदेश में चल रही पछ्आ हवा के कारण पड़ रही है कड़ाके की ठंड

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में तीन सौ ग्यारह केन्द्रों पर कोरोना टीका लगाये जा रहे हैं इस काम में एक हजार पांच सौ पचपन स्वास्थ्यकर्मियों को लगाया गया है इधर पटना के सभी मेडिकल कॉलेजों में कोरोना टीकाकरण की व्यवस्था की जा रही है जिले में दस फरवरी के बाद फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाने की शुरूआत होगी इसके लिये सत्तर हजार से अधिक फ्रंटलाइन वर्करों यानी सफाईकर्मियों पूलिसकर्मियों होम गार्ड और राजस्व कर्मियों ने कोविन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अनेक संदेहों के बावजूद भारत ने कोविड महामारी का ताकत और निर्णायक रूप के साथ सामना किया है दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हये उन्होंने कहा कि हमने जनता के साथ मिल कर सही रणनीति अपनाई और अपने सभी संसाधनों का उपयोग करते हुए कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास किया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को बेहतर तरीके से संचालित किया है साउंड बाईट कोरोना शुरू होने के समय मास्क पी पी ई किट टेस्ट किट हम बाहर से मंगाते थे आज हम न सिर्फ हम अपनी घरेलू जरूरते पूरी कर रहे हैं बल्कि इन्हें अन्य देशों में भेजकर वहां के नागरिकों की सेवा भी कर रहे हैं और आज भारत ही है जिसने दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया है श्री मोदी ने कहा कि भारत ने रिकार्ड समय में बीस लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को कोविड टीका लगाया

केन्द्र सरकार ने कहा है कि भारत कोविड टीकाकरण अभियान के पहले छह दिनों में दस लाख टीके लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में टीकाकरण अभियान काफी तेजी से चल रहा है साउंड बाईट हमारा देश फास्टेटस था दू रीच द फर्स्ट वन मिलियन वैक्सीनेशन भारत में ये छह दिन में हुआ

श्री भूषण ने बताया कि अब तक देश में पच्चीस लाख सात हजार से अधिक लोगों को कोविड टीका दिया जा चुका है उन्होंने कहा कि भारत में कोविड संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक बलराम भार्गव ने बताया कि भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन ब्रिटेन में पाए गए कोविड के नए प्रकार के खिलाफ भी कारगर है यह भारत में सार्स कोव ट् के लिए भी उतनी ही असरदार है चिकित्सकों और विशेषज्ञों ने कोविड टीके को पूरी तरह सुरक्षित बताया है दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नेत्र विभाग में चिकित्सक रेणु कुमार और उनके चिकित्सक पति सुशील कुमार ने कोविड का टीका लगवाया उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई है

सक्रिय मामलों में निरंतर कमी आ रही है इस समय विभिन्न अस्पतालों में एक हजार चार सौ पचहत्तर रोगियों का इलाज चल रहा है राज्य भर से कल एक सौ चौंतीस संक्रमित लोगों की पुष्टि हुई है अब तक दो लाख संतावन हजार तीन सौ इक्यानवे रोगी ठीक हो चुके हैं बिहार में अब तक दो करोड़ सात लाख बयासी हजार से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर छियानवे दशमलव नौ चार प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे में चौदह हजार से अधिक रोगी ठीक हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक एक करोड़ तीन लाख से अधिक कोरोना संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं देश में एक लाख तिहत्तर हजार से अधिक व्यक्ति इस समय कोरोना से संक्रमित हैं संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है यह सत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दोनों सदनों के सदस्यों के संबोधन के साथ शुरू होगा सभी सदस्य पहली बार संसद में तीन विभिन्न स्थानों पर बैठेंगे मंत्रियों विभिन्न दलों और दोनों सदनों में समूहों के नेताओं पूर्व प्रधानमंत्रियों तथा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्षों सहित एक सौ चौवालीस सांसद केन्द्रीय कक्ष में बैठेंगे शेष सांसद सुरक्षित द्री बनाये रखने के कोविड नियमों के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा कक्ष में बैठेंगे सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने में राजनीतिक दलों का सहयोग लेने के लिए कल सर्वदलीय बैठक ब्रलाई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार इकतीस जनवरी को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की तिहत्तरवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा पूरे प्रदेश में चल रही पछुआ हवा के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई इलाके घने कोहरे की चपेट में हैं शीतलहर के कारण प्रदेश में आम जनजीवन अस्त व्यस्त है मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये स्थिति कल तक बनी रहेगी इस दौरान मौसम सर्द होने के साथ ही घना कोहरा भी छाया रहेगा इकतीस जनवरी को हिमालय क्षेत्र से आने वाली हवाओं का असर पटना सहित तेरह जिलों पर पड़ेगा इससे कोहरे से निजात मिलने की संभावना है इधर कल पटना गया और मुजफ्फरपुर सहित छह जिलों में सीवियर कोल्ड की स्थिति बनी रही जबकि पूर्णिया सुपौल और फारबिसगंज में कोल्ड डे था इस दौरान प्रदेशभर में न्यूनतम तापमान नौ डिग्री से कम और अधिकतम तापमान बीस डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया पटना में अधिकतम तापमान उन्नीस दशमलव दो डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान सात दशमलव एक डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया अभी भी राजधानी पटना और आसपास के इलाकों में धुंध छाया हुआ है दोपहर तक धूप निकलने के आसार हैं जिससे लोगों को राहत मिल सकती है इधर दक्षिण बिहार में गया तथा औरंगाबाद जिले और इसके आस पास के क्षेत्रों में सुबह के समय हल्की बारिश हुई है औरंगाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में सुबह से ही बादल छाये हुए हैं प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत करीब तीन लाख पदों पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है ये चुनाव इस वर्ष मार्च अप्रैल में कराये जाने की संभावना है राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक पद के लिये अधिकतम दो सेट में ही नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है आयोग ने विभिन्न पदों के लिये नामांकन शुल्क की राशि निर्धारित कर दी है मुखिया सरपंच और पंचायत समिति के सदस्य के उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क के रूप में एक हजार रूपये जमा करना होगा जबकि पंच और वार्ड सदस्य के लिये ढाई सौ रूपये का नामांकन शुल्क लगेगा जिला परिषद सदस्य के लिये दो हजार रूपये का नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है वहीं आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नामांकन शुल्क की पचास फीसदी राशि ही जमा करनी होगी केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम दो फरवरी को घोषित किया जायेगा उधर आईसीएसइ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड की बार्षिक परीक्षा फरवरी मार्च में नहीं होगी बोर्ड ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव और कोरोना को देखते हये परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जायेगी प्रदेश में प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में नब्बे हजार से अधिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू की जायेगी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने एक ट्वीट में कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश क्रामार ने नियोजन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का निर्देश दिया है इधर शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी कर कहा है कि मूख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत छात्र छात्राओं की पोशाक जीविका समूह की महिलाएं सिलेंगी इस योजना के तहत करीब डेढ़ करोड़ विद्यार्थियों को पोशाक दिये जायेंगे कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के परिसर में छह करोड़ पैसठ लाख की लागत से बने स्नातकोत्तर छात्रावास का उद्घाटन किया इस दौरान उन्होंने कहा कि कृषि के मामले में बिहार आत्मनिर्भर है श्री सिंह ने कहा कि सरकार कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से होकर गुजरने वाली उनतीस जोड़ी विशेष ट्रेनों के परिचालन की अवधि अप्रैल महीने तक बढ़ा दी गई है इन गाड़ियों का ठहराव और समय पूर्ववत रहेगा पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड उन्नीस के मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा आर्थिक और सामाजिक मामलों पर शोध करने वाली संस्था एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट आद्री के निदेशक शैवाल गुप्ता का पटना में निधन हो गया वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे उनका अंतिम संस्कार आज पटना के गुलबी घाट पर सम्पन्न होगा राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी समेत अन्य लोगों ने शैवाल गुप्ता के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत याचिका पर आज रांची हाईकोर्ट में सुनवाई होगी इस मामले में लालू प्रसाद को सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने सात साल की सजा सुनायी है राज्य के सभी नगर निगम वाले शहरों में ट्रैफिक सिग्नल लगाये जाएंगे आईजी ट्रैफिक एमआर नायक ने बताया कि इस संबंध में एक प्रस्ताव नगर विकास और आवास विभाग भेजा जायेगा विभाग की सहमति के बाद ट्रैफिक सिग्नल लगाने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने धान अधिप्राप्ति से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है बिहार में धान खरीद की समयसीमा इक्कीस फरवरी तक बढ़ी दैनिक जागरण ने किसान आंदोलन से जुड़ी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुये लिखा है उपद्रवियों पर बढ़ रही सख्ती यूपी गेट से हटने का आदेश दैनिक भास्कर ने पटना में गैस रिसाव से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है जगदेव पथ में केबल बिछाने के लिये गड्डा खोदने के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त बीस मिनट तक लीक होती रही गैस प्रभात खबर ने पूर्व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी की किताब से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है हंगामे में विधेयक पारित कराने का होता था दबाव

और पूरे प्रदेश में चल रही पछुआ हवा के कारण पड़ रही है कड़ाके की ठंड